राज्यपाल के संबोधन के साथ विधानमंडल का बजट सत्र शुरू

और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक वर्ष पूरे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने आज गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प आयोजन में एक लाख से अधिक लोगों को सम्बोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत यात्रा पर आये अमरीकी राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों राष्ट्रों की लोकतांत्रिक परम्पराएं उनके मजबूत आपसी संबंधों का आधार हैं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अपनी गहरी दोस्ती और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का भी जिक्र किया साउंड बाईट मुझे खुशी है कि प्रेसीडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमरीका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हई है और इसलिए प्रेसीडेंट ट्रंप की यह यात्रा भारत और अमरीका के संबंधों का नया अध्याय है एक ऐसा अध्याय जो अमरीका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रोसपेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने भाषण के जरिए भारतीय लोगों के साथ निजी सम्पर्क साधने का प्रयास किया उन्होंने क्रिकेट और बॉलीवुड जैसे अत्यन्त लोकप्रिय विषयों का अपने भाषण में उल्लेख किया जिसका श्रोताओं ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया इससे पहले श्री ट्रंप भारत की अपनी दो दिन की यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे श्री ट्रंप गुजरात में साबरमती आश्रम गये और बाईस किलोमीटर लम्बा रोड शो किया विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल फागू चौहान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ आज से शुरू हो गया बजट सत्र इकतीस मार्च तक चलेगा राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की विकास की समावेशी नीति के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर सामाजिक और सम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम किया है

राज्य सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिये कठिन परिश्रम कर रही है मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय और विधायी कार्यो के साथ साथ राज्य के सर्वागीण विकास पर आप लोग सार्थक चर्चा करेंगे जो राज्य के विकास में सहायक होगा राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और ब्रनियादी ढांचा क्षेत्र सहित हर सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है राज्यपाल के संयुक्त संबोधन के बाद दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों की औपचारिक शुरूआत हुई विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद ने अलग अलग बैठकों में सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की इधर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने चौदहवीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातों के बारे में संवाददाताओं को बताया उन्होंने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष बिहार ने राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा तेज आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल किया है श्री मोदी ने कहा कि दो हजार अठारह उन्नीस के दौरान राज्य की आर्थिक विकास दर साढ़े दस प्रतिशत से अधिक रही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसी अवधि में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पांच लाख संतावन हजार चार सौ नब्बे करोड़ रूपये रहा सर्वेक्षण में राज्य की वित्तीय स्थिति और आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है इस बार के सर्वेक्षण में दो नये घटकों ई गवर्नेंस और पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तेरहवीं बार राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे श्री मोदी कल विधानसभा में दूसरी पाली में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश करेंगे वर्ष दो हजार पांच के बाद राज्य के बजट आकार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है दो हजार उन्नीस बीस में बजट का आकार दो लाख पांच सौ एक करोड़ रूपये का था शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि सरकार हड़ताल कर रहे शिक्षकों से सकारात्मक बातचीत के लिये तैयार है श्री वर्मा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के कारण मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य पर असर के मद्देनजर मूल्यांकन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है गौरतलब है कि नियोजित शिक्षक समान काम के लिये समान वेतन की मांग को लेकर सत्रह फरवरी से हड़ताल पर हैं इधर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आहवान पर माध्यमिक शिक्षकों ने भी कल से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में हल्की बारिश दर्ज की गयी डिहरी में सबसे अधिक पंद्रह दशमलव दो मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी वहीं गया में बारह दशमलव छह और नालंदा में नौ मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी मौसम विभाग पटना में अपने पूर्वान्रमान में कहा है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटे तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा वर्ष दो हजार उन्नीस के लिये साहित्य अकादमी का मैथिली में अनुवाद प्रस्कार सुपौल जिले के निवासी केदार कानन को प्रदान किया जायेगा चर्चित साहित्यकार केदारनाथ सिंह रचित काव्य संग्रह अकाल में सारस के मैथिली अनुवाद के लिये श्री कानन को चुना गया है अब हमारी श्रंखला हर एक काम देश के नाम इसके तहत आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज इस योजना के एक वर्ष पूरे हो गये इसके तहत किसानों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष दो दो हजार रुपये की तीन किस्ते चार महीने के अंतराल पर अतंरित की जाती हैं देश भर में अब तक आठ करोड छियालीस लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है केन्द्र सरकार पचास हजार आठ सौ पचास करोड रुपए से अधिक की राशि जारी कर चुकी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष इसी दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इससे किसानों को कृषि और घरेलू जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी साउंड बाईट अब किसानों को बीज खरीदने के लिए खाद खरीदने के लिए दवा खरीदने के लिए बिजली का बिल भरने के लिए खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरुरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा केंद्र सरकार हर साल जो छह हजार रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान तीन किश्तों में लाभार्थियों को सोलह सौ बत्तीस करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के लिये इस योजना के लाभार्थी सीधे तौर पर पात्र माने जा रहे हैं इससे किसानों में काफी खुशी है वैशाली जिले के एक किसान ने बताया कि अब उन्हें सस्ता ऋण मिल पायेगा

मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हूं इससे किसानों को कृषि कार्य हेत् समयानुसार आर्थिक सहयोग हो जाती है केन्द्र सरकार ने इस योजना को किंसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है गरीब किसानों को कृषि कार्य के लिये किसी महाजन के सामने ऊंचे ब्याज दर पर पैसा के लिये हाथ नहीं फैलाना होगा इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि गया जिले में दो लाख चालीस हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाया गया है पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई कर नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से कुख्यात नक्सली सुरेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर लखना चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी से लगभग बत्तीस लाख रूपये लूट लिये औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिये जिला प्रशासन गाईड लाईन बनायेगा

राज्यपाल के संबोधन के साथ विधानमंडल का बजट सत्र शुरू

और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक वर्ष पूरे